कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन दस हजार करने को कहा रेलगाड़ियों के टिकट की बुकिंग आज से देश भर के एक लाख सत्तर हजार सामान्य सेवा केन्द्रों पर भी शुरू होगी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज शाम सात बजे सामुदायिक रेडियो पर लोगों से बातचीत करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों में इस माह के अंत तक कुल बेड की संख्या बढ़ाकर एक लाख करने के निर्देश दिए हैं फिलहाल राज्य के कोविड अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए अठहत्तर हजार तैंतीस बिस्तरों की व्यवस्था है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच की क्षमता को प्रतिदिन बढ़ाकर दस हजार करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने के कार्य को समयबद्व ढंग से पूरा किया जाए श्री योगी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित करने के भी निर्देश दिए लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कोविड अस्पतालों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और सभी चिकित्सा उपकरणों की नियमित जांच हो उन्होंने सभी जनपदों में पी पी ई किट एन नाइन्टी फाइव मास्क सैनिटाइजर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित बीस लाख करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत कम किराये वाले मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इससे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है लॉकडाउन के कारण घरेलू उड़ानों पर पच्चीस मार्च से रोक लगा दी गई थी श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में बताया कि घरेलू उड़ानों का संचालन स्वीकृत ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के अनुसार सीमित मात्रा में होगा विमान की अवधि के अनुसार किराये को सात श्रेणियों में तय किया गया है जो चौबीस अगस्त तक लागू रहेगा नब्बे से एक सौ बीस मिनट की विमान यात्रा के लिए न्यूनतम साढ़े तीन हजार और अधिकतम दस हजार रुपए का किराया होगा श्री पुरी ने कहा कि हवाई अड्डों पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी यात्रियों को केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलगाड़ी के टिकटों की बुकिंग आज से देश भर के लगभग एक लाख सत्तर हजार सामान्य सेवा केंद्रों पर फिर शुरू होगी उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम उपलब्ध है या बिलक्ल उपलब्ध नहीं है श्री पीयूष गोयल ने कहा कि जिन दो सौ रेलगाड़ियों के संचालन की सूची जारी की गई है उनकी बुकिंग धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है उन्होंने कहा कि लगभग पचहत्तर रेलगाड़ियों में बुकिंग शुरू हो गई है और जल्द ही अन्य रेलगाड़ियों में भी बुकिंग शुरू की जाएगी श्री गोयल ने कहा कि अगले दो तीन दिन में रेलवे स्टेशनों के काउंटर पर भी यात्रियों को टिकट बुक कराने की सुविधा दी जाएगी श्री गोयल ने कहा कि पहली मई से अब तक दो हजार पचास श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए लगभग तीस लाख मजद्रों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है उन्होंने कहा कि टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है श्री गोयल ने ट्वीटर पर कहा कि यदि कोई एजेंट यात्री को टिकट बुक कराने का प्रस्ताव दे तो टोल फ्री नंबर एक तीन आठ पर एजेंट की शिकायत की जानी चाहिए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आये हैं उन्होंने बताया कि राज्य में एक हजार एक सौ चौवन रेलगाड़ियां पहुंच चुकी हैं जिनसे पन्द्रह लाख सत्ताईस हजार से अधिक प्रवासी कामगार आये हैं श्री अवस्थी ने बताया कि देवरिया में चौंतीस आजमगढ़ में पच्चीस सुल्तानपुर में बीस मऊ में उन्नीस अम्बेडकर नगर में बारह गाजीपुर में दस सीतापुर में पांच और फतेहपुर में छः रेलगाड़ियां श्रमिकों को लेकर पहुंची हैं केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड नाइन्टीन महामारी पर नियंत्रण के सभी उपायों को कड़ाई से लागू करने को कहा है राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अधिकारियों को कोविड नाइन्टीन पर नियंत्रण के उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए एक अनूठी महत्वाकांक्षी पहल के तहत केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे

यह बातचीत देशभर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी बातचीत का प्रसारण दो हिस्सों में हिंदी और अंग्रेजी में होगा श्रोता शाम सात बजकर तीस मिनट पर हिंदी में और नौ बजकर दस मिनट पर अंग्रेजी में आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड पर यह प्रसारण सुन सकेंगे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित पैंतालीस हजार तीन सौ से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर चालीस प्रतिशत से ज्यादा हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए इस दौरान पांच हजार छः सौ नौ नए मामलों के बाद संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख बारह हजार तीन सौ उन्सठ हो गई है पिछले एक दिन में एक सौ बत्तीस लोगों की मृत्यु हुई अब तक कुल तीन हजार चार सौ पैंतीस लोगों की बीमारी से मौत हो चुकी है फिलहाल भारत में मृत्यु औसत तीन दशमलव शून्य छह प्रतिशत है जो वैश्विक औसत छह दशमलव छह पांच प्रतिशत से बहुत कम है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन महामारी से अब तक तीन हजार निन्यानबे मरीज स्वस्थ हुए हैं राज्य के इकहत्तर जनपदों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार एक सौ तीस है प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि आशा कार्यकत्रियों ने प्रदेश में पांच लाख बयालीस हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों के घर जाकर सम्पर्क किया और छियालीस हजार एक सौ बयालीस लोगों के जांच नमूने लिए इनमें से एक हजार दो सौ तीस लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है श्री प्रसाद ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट जारी होने पर लोगों को कन्ट्रोल रूम से कॉल किया जा रहा है अब तक क्ल छब्बीस हजार पांच सौ बारह लोगों को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई है देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के छह करोड़ अस्सी लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी जारी किया है इस पैकेज के तहत एक अप्रैल से तीन महीनों के लिए आठ करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है अप्रैल में ही चार करोड़ तिरसठ लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए दो दिन पहले तक छह करोड़ उन्यासी लाख बानबे हजार लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित किए गए लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में अग्रिम भुगतान किया गया आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन विषय पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है आकाशवाणी से बातचीत करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक एके वार्ष्णेय ने एक साथ अनेक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को सावधानी बरतने को कहा कॉमोर्डिटी का मतलब है कि उनको पहले से ही काफी गंगीर बीमारियां हैं या जो बड़े बुजूर्ण हैं

तो यही हम बार बार कह रहे हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं या जो मान लीजिए प्रेग्नेंट मदर हैं उनकी भी उस स्टेज में हालांकि वो स्वस्थ प्रेग्नेंसी में इम्युनिटी कम होती है तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा साक्षानी रखने की जरूरत है जो मृत्युदर है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा है तो ये लोग ज्यादा साक्षानियां बरतें विभिन्न मंचों पर प्रचारित की जा रही फर्जी खबरों पर अंक्श लगाने के लिए हम आपको तथ्यों से अवगत कराते हैं इसी क्रम में केन्द्र सरकार ने व्हाट्स ऐप पर आ रही उन खबरों का खण्डन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना डॉट ओ आर जी आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है पत्र सूचना कार्यालय ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि यह एक गलत खबर है